विश्व योग दिवस आज पांचवा विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है झारखंड के रांची में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते समय में रोगों से सुरक्षा के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने योग को स्वास्थ से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ की देखभाल का एक मजबूत आधार बनाया जा सके उन्होंने गॉव और गरीबों तक योग पहुँचाने पर जोर दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि योग उम्र रंग जाति सम्प्रदाय नस्लो धन निर्धनता प्रांत और सीमाओं के अंतर से परे है कार्यक्रम में आय्ष मंत्री श्रीपद नाईक ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार उत्तम स्वास्थ्य के उद्देश्य से योग के लाभों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि योग को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिक योग शिक्षकों की जरूरत है

जिलों में भी आज सुबह सुबह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां मध्यप्रदेश गान के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश का प्रसारण किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं से आग्रह किया है कि वे योग को अपनायें उन्होंने कहा कि योग से न्याय और धर्म का साथ देने की प्रेरणा मिलती है दया करूणा मैत्री और शांति जैसे मुल्य प्रखर होते हैं यह अवस्था हर मनुष्य के लिये अनिवार्य है चाहे वह किसी भी धर्म जाति या समुदाय का हो अथवा विश्व के किसी भी कोने में रहता हो मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि योग सिर्फ एक दिन का काम नहीं है इसे दिनचर्या में शामिल करना होगा उन्होंने कहा कि हर धर्म में योग है मुख्यमंत्री ने कहा कि योग से शांति आती है शांत मन में उत्पन्न होती है सकारात्मक ऊर्जा यह ऊर्जा सभी जीवों के लिये कल्याणकारी और हितकारी होती है उन्होंने कहा कि शांत चित्त वाला मनुष्य कभी गलत निर्णय नहीं ले सकता

जिनमें जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ ही आम लोगों ने भी भाग लिया खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस ग्राउण्ड पर आयोजित किया गया जिसमें कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल और स्थानीय विधायक देवेन्द्र वर्मा शामिल हुए जिले में विकासखंडद्व नगरपरिषद और पंचायत स्तर पर भी योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किये गये

सागर में आयोजित योग कार्यक्रम र्मे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी शामिल हुए उधर सतना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किये गये अशोकनगर बैतूल रायसेन विदिशा नीमच नरसिंहपूर दमोह जबलपुर छिन्दवाड़ा कटनी सिवनी भिंडमुरैना सहित विभिन्न जिलों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाये जाने के समाचार मिले हैं

यह विधेयक पिछली एनडीए सरकार के दौरान फरवरी में जारी अध्यादेश की जगह लेगा

विधेयक में तलाक ए बिद्दत यानी एक ही बार में तीन तलाक देने के प्रचलन को कानूनन अपराध माना गया है

प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग होने की आशंकाओं को दूर करते हुए सरकार ने संबंधित पक्षों की रक्षा के कुछ प्रावधान जोड़े हैं इनमें सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत देने का प्रावधान भी है

पुलिस पिटाई राजधानी भोपाल के बैरागढ़ थाना अंतर्गत कथित रूप से पुलिस की पिटाई से हुई युवक की मौत की परिस्थितियों और सम्पूर्ण घटनाक्रम की न्यायिक जाँच शुरू हो गई है

प्रदेश में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क की ज्योमेट्रिक डिजाइन रोड मार्किंग और रोड फर्नीचर का प्रावधान करने के बारे में मैदानी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं कौन सी सड़क किस विभाग द्वारा बनाई जायेगी इसके संबंध में स्टेट रोड पॉलिसी तैयार करने का निर्णय लिया गया है

किकेट विश्वकप क्रिकेट में आज लीड्स में इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा मैच भारतीय समयानुसार दिन के तीन बजे से शुरू होगा वहीं कल भारत का अगला मैच साउथम्टान में अफगानिस्तान से होगा

विश्वकप में यह उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है

टूर्नामेंट में यह वार्नर का दूसरा शतक है